राष्ट्रपति ने विकास भारती परिसर में महिला समूह बढईगिरी और आदिम जनजातियों द्वारा किये जा रहे लोहा निर्माण और खादी से संबंधित चीजों का अवलोकन किया इस दौरान उन्होंने ट्राइबल सेंटर का भ्रमण किया और ज्ञान निकेतन में अनाथ आदिम जनजाति व जनजाति बच्चों से भी मुलाकात की इस अवसर पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में समतामुलक समाज के निर्माण पर जोर दिया उन्होंने कहा कि मनुष्य के आचरण में अंतर नहीं होना चाहिए

इसके बाद राष्ट्रपति आज देवघर के वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में शामिल हुए इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत छब्बीस हजार से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के बीच सहायता उपकरण वितरित किए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज चित्रकूट से देशभर के दस हजार किसान उत्पादक संगठनों का भी शुभारंभ करेंगे कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि ये किसान उत्पादक संगठन किसानों के जीवन में क्रान्तिकारी बदलाव लायेंगे श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी सौंपेंगे

झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में पर्यटक स्थलों के विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी सरकार से मांगी है मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने पर्यटन क्षेत्रों के विंकास को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पर्यटन सचिव और पर्यटन निदेशक को दो सप्ताह बाद अदालत में हाजिर होकर पूरी रिपोर्ट देने को कहा है अदालत ने राज्य के पर्यटन केंद्रों से सरकार को भिलने वाले राजस्व और इसके इस्तेमाल तथा केंद्र से भिलने वाली राशि का ब्योरा भी देने को कहा है रेलवे ने होली त्योहार को देखते हुए रांची पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है रांची से यह ट्रेन सात मार्च को रात के ग्यारह बजकर पचपन भिनट पर खुलेगी और अगले दिन सवेरे नौ बजकर तीस मिनट पर पटना पहुंचेगी वहीं पटना से यह ट्रेन आठ मार्च को ॅ सुबह नौ बजकर पैतालीस मिनट पर रवाना होगी और रात में नौ बजकर चालीस भिनट पर रांची पहुंचेगी उधर दानापुर मंडल के क्यूल स्टेशन पर चलने वाले नन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रांची भागलपुर ट्रेन आज से दो अप्रेल तक परिवर्तित मार्ग से चलेगी इसके अलावा रांची सासाराम एक्सप्रेस का परिचालन कल से नई समय सारणी के अनुसार होगा यह ट्रेन अब रांची से शाम पांच बजे खुलगी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा कल से पूरे राज्य में खराब चापानलों की मरम्मती का अभियान चलाया जायेगा इसके साथ लघ ग्रामीण जलापूर्ति और बड़ी जलापूर्ति योजनाओं को भी द्रूस्त किया जायेगा

राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आज से दस दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस महोत्सव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक देखने को मिलेगी भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड और केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित होनेवाले इस महोत्सव का उदघाटन जनजातीय मामलों के केन्द्रीय मंत्री अर्ज्न मुंडा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे इस महोत्सव में झारखंड समेत देशभर से लगभग चार सौ जनजातीय कलाकार शामिल होंगे केन्द्र सरकार अगले वर्ष मार्च तक लगभग एक लाख चालीस हजार रिक्तियां भरने की योजना बना रही हैं इस सिलसिले में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बुजराज शर्मा ने कल केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की उन्होंने कहा कि गैर तकनीकी पदों के अलावा राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर चरणबद्द ढंग से भर्ती की जाएगी

सिमडेगा जिले में कल सातवां राज्य स्तरीय लीगल इमपावरमेंट शिविर का आयोजन किया जायेगा राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा की ओर से लगाये जाने वाले इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन न्यायाधीश एच सी मिश्रा और न्यायाधीश अनुभा रावत मौजूद रहेंगे इस मौके पर दूर दराज में रहने वाले लोगों को सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जायेगा आईसीसी द्वेंटी ट्वेंटी महिला क्रिकेट विश्वकप में आज भारत ने श्रीलंका को सात विकेटों से पराजित कर दिया इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने नौ विकेट पर एक सौ तेरह रन बनाये भारत के लिए राधा यादव ने चार और राजेश्वरी गायकवाड़ ने दो विकेट लिये श्रीलंका द्वारा दिये गए लक्ष्य को भारत ने तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया यह भारत की लगातार चौथी जीत है काइश्टचर्च में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से खेला जा रहा है मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में बिना विकेट खोये तिरसठ रन बना लिये हैं इससे पहले भारत की पूरी टीम दो बयालीस रनों पर सिमट गयी संक्षिप्त खबरें रामगढ़ के रजरप्पा में दो दिवसीय रजरप्पा महोत्सव आज से शुरू हो रहा है

झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कल समाप्त हो गयी